मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों को विकासात्मक कार्यो में तेजी लाने को कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आए ऐसे लोगों से बेहतर संबंध बनाने में पंचायत प्रधान अहम भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने सहित किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलाने से भी रोकने की जुरूरत है भाजपा इस बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मण्डी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों से भी बातचीत की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण ही विकसित देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के मामले कम हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहरी राज्यों से आए लोगों पर बारीकी से निगरानी रखने सहित उन्हें होम क्वारंटीन के मापदण्डों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित करना होगा मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंध्र प्रदेश सरकार से लॉकडाउन के कारण श्री सत्य साई सेवा संस्थान प्रशांति निलयम पुट्टापर्थी में फंसे हिमाचल के लोगों की सहायता करने का आग्रह किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को उनके राज्य में फंसे हिमाचलियों से ज़रूरी सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर फोन आ रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिये जाएं

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से आए सुझावों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से आर्थिकी और शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में भी परीक्षा व परिणाम की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर एक सितम्बर से नया सत्र शुरू किया जाएगा इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को मास्क भी वितरित किए

पिछले कल एक दिन में चार जिलों चंबा कांगड़ा उना व हमीस्पूर से चार नए मामले सामने आए हैं चंबा जिला के सलूणी उपमंडल से दो वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है ये बच्ची बद्दी से लौटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति की बेटी है जो इनके सम्पर्क में आई थी

ऊना जिले की पंजोआ पंचायत से भी एक महिला में कोराना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रशासन ने पंजोआ पंचायत व आस पास के क्षेत्रों को सील कर दिया है

बयान उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले संक्रमण के मामले कम हैं एक संयुक्त बयान में इन नेताओं ने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस नेता बेबुनियाद बयानबाज़ी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में अधिकारी भी पूरी निष्ठा से सरकार को सहयोग दे रहे हैं

नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखमाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के हल्के और पूर्व लक्ष्ण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी रेलयात्री ऊना ज़िला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच रेल के माध्यम से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने आज ऊना रेलवे स्टेशन में तैयारियों का जायज़ा लिया उन्होंने ई एसआईसी अस्पताल मैहतपुर का भी निरीक्षण किया

उपायुक्त ने बाद में मैहतपुर और संतोषगढ़ बैरियर पर तैनात स्टाफ को भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए कोरोना योद्वा लाहौल स्पीति ज़िले के दुर्गम स्पीति उपमण्डल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कर्मी मोर्चा संभाल रहे है पुलिस द्वारा डीएसपी सुशांत शर्मा के नेतृत्व में लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है सुशांत शर्मा के अनुसार स्थानीय बोली में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है

इसके अलावा अध्यापक वॉट्सऐप ग्युप के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ाई करवा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार की ये पहल बच्चों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रही है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अध्यापक आसपास के घरों में स्वयं जाकर निरीक्षण और पढ़ाई को लेकर बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग और कोरोना से बचाव को लेकर निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है कांग्रेस कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे क्वारंटीन और आइसोलेशन सैंटरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है एक बयान में उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों को आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में भी खोला जा रहा है

नियुक्ति राज्य सरकार ने आरके शर्मा को प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है